भोपाल में पुलिस पर हमला करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार रासुका के तहत कार्यवाही प्रदेश के मौसम में बदलाव मंडला उमरिया में बारिश

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर पौने तीन सौ के करीब हो गई है

जहांगीराबाद सीएसपी अलीम खान के भी संक्रमित होने की खबर हैं उधर इंदौर में कोरोना से नौ और लोग संक्रमित पाये गये हैं

इनमें से एक मरीज मुरैना जिले का है श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज एक व्यक्ति की कैरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के बाद शहर में एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं संबंधित व्यक्ति को दो दिन पहले स्वास्थ्य खराब होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उसे ग्वालियर भेजा गया था हालांकि श्योपुर में जांच के लिए चार जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है उधर उज्जैन में आज कोरोना संक्रमित पांच लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के साथ ही राज्य में लागू लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है

नरसिंहपुर में जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर सात डाक्टरों और तीन नर्स पर आपराधिक मामला दर्ज कराया है वहीं विदिशा जिले के दो चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है

वहीं जिले की बुदनी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में ग्रामीणों ने खुद पहल करते हुए अपने अपने गांव की सीमाओं की नाकेबंदी कर चौकसी कर रहे है उधर उमरिया जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है रायसेन में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज जिले की सीमाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिये लॉकडाउन के दौरान जनप्रतिनिधि भी लोगों की हर संभव मदद करते हुए दिख रहे हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र समय निकालकर खुद मास्क बनाकर लोगों को बांट रहे हैं शिवपूरी जिले के कोलारस से भाजपा विधायक वीरेन्द्र रघ्वंशी ने खुद मोर्चा संभालते हुए कई दकानों को सेनीटाइज किया वहीं मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लॉकडाउन के बाद क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली

नीमच पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम आज अचानक नया गांव बार्डर पहंची और स्थिति का निरीक्षण किया

देवास में चार स्थानों पर तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कण्टेनमेण्ट एरिया घोषित किया है सागर में निजी चिकित्सकों और संस्थाओं को आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं

कृषि कोरोना केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज और अन्य संबंधित वस्तुओं का परिवहन बिना किसी बाधा के किये जाने के निर्देश दिये हैं नई दिल्ली में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में श्री तोमर ने किसानों को राहत पहुंचाने के उपायों का सख्ती से अमल किये जाने की विस्तृत समीक्षा की बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों के हित में जो भी निर्णय लिये गये हैं उन्हें अमल में लाने के साथ ही सामाजिक दूरी बनाये रखना भी जरूरी है

सरकारी सुत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि केंद्र इस विषय पर विचार कर रहा है

इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में बढ़ते मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने के संकेत दिये हैं मुख्यमंत्री ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कहा कि लोगों का जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है मुख्यमंत्री कार्यवाही भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में कल रात पुलिस पर हुए हमले के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यह कार्यवाही की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए आज कहा कि कोरोना की इस महामारी से बचाव में जुटे पुलिसबल पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जायेगा मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के अलग अलग शहरों के पुलिसकर्मियों से फोन पर बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया

हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है इंदौर शहर काजी डाक्टर इशरत अली ने भी समुदाय के लोगों से कहा है कि वे घरों में ही इबादत करें

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों मे चटक धप के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिये हैं अप्रैल के पहले सप्ताह में खरगौन में तापमान पैतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहंच गया है वहीं राजधानी भोपाल में भी गर्मी महसुस होने लगी है यहां अधिकतम तापमान अडतीस डिग्री के आसपास बना हआ है हालांकि कर्नाटक से लेकर विदर्भ के बीच बनी द्रोणिका के चलते कल जबलपुर और होशंगाबाद संभाग के क्छ जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ीं उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के करकेली जनपद में आज दोपहर तेज बारिश हई जिससे गेहूं की पक चुकी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान शहडोल सीहोर होशंगाबाद छतरपुर दमोह कटनी दतिया शिवपुरी बैतल छिंदवाडा और बालाघाट जिलो में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है

उज्जैन में लागू कर्फ्यू का उल्लंघन करने और अकारण बाहर घूमने वालों के आज चालन काटे गये शहडोल में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है